प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं श्री मोदी ने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा वायरस की रोकथाम वाले क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि संक्रमण का प्रसार नये क्षेत्रों में न हो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने की बीस तारीख तक हॉट स्पॉट के प्रबंधन तथा लॉकडाउन नियमों सके के अनुपालन के संदर्भ में सभी राज्यों जिलों और क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जायेगी उन्होंने कहा कि बीस अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में सीमित छूट का प्रावधान मजदूरों की आजीविका को ध्यान में रखते हए किया गया है श्री मोदी ने देश के समूचे श्रमिक वर्ग को अपना वृहद परिवार बताया मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है

इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो देश में दवा से ले करके राशन तक पर्याप्त भंडार है सप्लाई चैन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही हैं

उन्होंने कहा कि इस बारे में सरकार कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी श्री मोदी ने लोगों से बुजुर्गों की विशेष देखभाल करने गरीबों की मदद करने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने सहित सात प्रकार से सहयोग करने को कहा

तीसरी बात अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें गर्म पानी है काढ़ा है इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतू मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें

छठी बात आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें किसी को नौकरी से न निकालें सातवीं बात देश के कोरोना योद्वाओं हमारे डॉक्टर नर्सेस सफाई कर्मी पुलिसकर्मी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदरपूर्वक उनका गौरव करें प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने उद्योग और व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए वित्तीय संकट की स्थिति में उन्हें नौकरी से न हटाएं कोरोना रेलवे भारतीय रेल की प्रीमियम रेलगाडियां मेल एक्सप्रेस पैसेंजर और उप नगरीय ट्रेनें कोलकाता मैट्रो रेल कोंकण रेलवे और ऐसी सभी यात्री रेलगाड़ियां तीन मई की मध्य रात्रि तक निलंबित रहेंगी रेल मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के तीन मई तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने के बाद ये घोषणा की है इस बीच भारतीय रेल लॉकडाउन बढने के मद्देनजर यात्रियों को ट्रेन रद्द होने पर पूरा किराया वापस करेगी यात्रियों को अपने ई टिकट कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है कोरोना हाईकोर्ट केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी नियमित न्यायालीन कार्यों को तीन मई तक के लिए स्थगित कर दिया है इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है इससे पहले हाईकोर्ट ने आज चौदह अप्रैल तक अदालत के कार्यो को स्थगित रखा था कोरोना भाजपा लॉकडाउन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश ईकाई ने लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाए जाने के केन्द्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केन्द्र सरकार के निर्णय को दूरदर्शी सोच वाला बताते हुए कहा कि इससे कोरोना वायरस पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने में मदद मिलेगी

इनमें एक महिला भी शामिल है ये दोनों मरीज कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र के रहने वाले हैं नए मरीजों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब तैंतीस हो गई है

एम्स रायपुर में भर्ती तीन कोरोना मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है इसके साथ ही अब प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर तेरह हो गई फिलहाल एम्स रायपुर में बीस कोरोना पॉजीटिव मरीजों का इलाज जारी है कोरोना बिलासपुर टेस्टिंग लैब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने बिलासपुर में कोरोना टेस्टिंग लैब की स्थापना के लिए कार्यवाही तेजी से शुरू कर दी है राज्य की स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ को बिलासपुर में कोविड उन्नीस टेस्ट के लिए आरबी लैबोरेटरी को तत्काल अधिग्रहित करने को कहा है साथ ही वहां टेस्टिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एम्स रायपुर को पत्र भेजने के भी निर्देश दिए हैं कोरोना टेस्ट राज्य सरकार ने अब ज्यादा जोखिम वाले लोगों का कोरोना टेस्ट प्राथमिकता से कराए जाने का निर्णय लिया है इसके तहत कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले व्यक्ति और जोखिम क्षेत्र में रहने वाले लोग शामिल हैं इनके अलावा राहत शिविर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों और क्वारेंटाइन किए गए लोगों को भी इनमें शामिल किया गया है आज स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने विभागीय बैठक में सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित सामान्य मरीजों के लक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा की बैठक में कटघोरा नगरीय क्षेत्र के चिन्हित लोगों और राजनांदगांव दुर्ग के अलावा रायपुर में क्वारेंटाइन किए गए लोगों में से दस से बीस लोगों की आकस्मिक जांच की जाएगी बैठक में ट्र नेट मशीन के माध्यम से संक्रमित लोगों की पहचान के संबंध में भी चर्चा की गई

हालांकि सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खरीदी केन्दों पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने की शर्त लागू की है इस वर्ष बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद रबी फसल का बंपर उत्पादन हुआ है और किसानों को उनके कृषि उत्पाद की खरीद के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों के सहयोग की जरूरत है इस बीच केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान किसानों को सुविधा देने और कृषि गतिविधियों को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं कृषि सहकारी और किसान कल्याण विभाग ने नष्ट होने वाली सब्जी फलों बीज कीटनाशक और उर्वरक के परिवहन में समन्वय स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय कृषि ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर की शुरूआत की है इनके नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य चार दो शून्य शून्य और एक चार चार आठ आठ ट्रक ड्राइवर व्यापारी फुटकर विक्रेता और ट्रांसपोर्टर सहायता के लिए इन कॉल सेंटरों में फोन कर सकते हैं

दुर्ग जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए तीन होटलों को भी क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है इनमें करीब सौ बिस्तरों की व्यवस्था की गई है इसके अलावा शहर में शुरू हुए डोनेशन ऑन व्हील्स अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है लोग स्वयं फोन कर जरूरतमंद लोगों के लिए सामग्री दान कर रहे हैं इधर राजनांदगांव में मुख्य बाजार के बाद फ्लाईओवर के नीचे से सब्जी बाजार को हटाने पर व्यापारियों ने विरोध जताया है गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने सब्जी व्यवसायियों को प्रत्येक वार्ड में पसरा लगाकर सब्जी बेचने को कहा है इसी जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों तथा चेकपोस्टों में कोटवार और पटवारियों की तैनाती की गई है इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राजनांदगांव इकाई ने कलेक्टर को एक सौ पचास व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दान में दिए हैं वहीं जिला प्रशासन ने निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को नियमित संचालित करने के निर्देश दिए हैं वहीं सरगुजा सूरजपुर और बलरामपुर रामानुजगंज जिले की सीमाओं को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है आवश्यक सामानों से जुड़े वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है जिले की सीमाओं पर पुलिस की तैनाती की गई है साथ ही गांव के रास्तों पर भी निगरानी रखी जा रही है

इसके लिए शहर में छह चौराहों की पहचान की गई है जहां करीब चौबीस कैमरे लगाए जाएंगे इसके अलावा नगर पालिका के नया बस स्टैण्ड स्थित ऑडिटोरियम को वार रूम बनाया गया है इस संबंध में पुलिस प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है वहीं कोरिया जिले के चरचा थाना के अंतर्गत बनाए गए आईसोलेशन सेंटर का विरोध कर रहे दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है इधर जशपुर कलेक्टर ने सभी मेडिकल संचालकों को चिकित्सकीय पर्ची के अनुसार ही दवाई बेचने के निर्देश दिए हैं इसी जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति के दो लोगों को उनके घर तक जाकर मुफ्त राशन नमक और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई कोरोना खाद्य मंत्री बातचीत केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से पूर्णबंदी के दौरान जमाखोरी रोकने और आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य सुनिश्चित करने को कहा है केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने निर्देश दिया है कि स्थानीय बाजारों में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रभावी योजना शुरू की जाए केन्द्र योजना हितग्राही लॉकडाउन के दौरान लोगों खासकर मजदूरों ग्रामीणों और महिलाओं को परेशानी न हो इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही हैं राज्य में शासकीय उचित मूल्य की द्वकानों से दो माह का राशन मुफ्त में दिया जा रहा है

दुर्ग जिले के सुपेला में रहने वाली अमरिका अहिरवार ने बताया कि केन्द्र सरकार की इस पहल से उन्हें लॉकडाउन के इस चुनौतीपूर्ण समय में काफी मदद मिली है

इस राशि से उपभोक्ता अप्रैल मई और जून महीने में एक एक गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे अंबेडकर जयंती राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी एक सौ उनतीसवीं जयंती पर याद कर रहा है डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में जाना जाता है इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्दांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के कमजोर तबके के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वहीं मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कमजोर तबकों की शिक्षा और सम्मान की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों को और अधिक विस्तार देने का संकल्प दोहराया इधर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी आरटीई पढ़ई तुंहर दुआर देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर राज्य सरकार ने निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है इससे पहले इस अधिनियम के तहत शाला में प्रवेश के लिए पहले चरण की तिथि पंद्रह अप्रैल घोषित की गई थी शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि आगामी आदेश तक बढ़ाई गई है इधर लॉकडाउन के मद्देनजर बच्चों की पढ़ाई के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन ऐप पढ़ई तुंहर दुआर में अब तक साढ़े चार लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने और करीब चौदह हजार शिक्षकों ने अपना पंजीयन कराया है संक्षिप्त समाचार खबरें संक्षिप्त में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पूर्णबंदी के दौरान कामगारों की शिकायतों के समाधान के लिए देशभर में बीस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं इनका उद्देश्य कामगारों की मजदूरी संबंधी शिकायतों का समाधान करना और राज्य सरकारों के सहयोग से प्रवासी कामगारों की परेशानियां कम करना है राजनांदगांव जिले के अर्जुनी गांव के पास मालवाहक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई